नये दिषा निर्देषों के साथ आज से अनलॉक का दूसरा चरण प्रभावी संकमण क्षेत्र के बाहर के इलाकों में अधिक छूट की अनुमिति मिली

कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई दो हजार चार सौ बानबे झारखंड उच्च न्यायालय देवघर में विष्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर तीन जुलाई को सुनायेगी फैसला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की है

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में है

संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति मिली है

वहीं केंद्र सरकार के निर्देष पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य सभी जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी स्पेषल स्टोरी रामगढ़ रामगढ़ के विभिन्न सुदूरवर्ती पंचायतों में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे वैश्विक महामारी के दौर में होने वाली बीमारी एवं उससे बचने के उपाय के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया

वहीं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बालू उठाव पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश जिले के डीसी को दिया है लेकिन शासन के आदेश के बाद भी बालू का उठाव जारी है गिरिडीह के डीएमओ सतीश कुमार नायक ने बताया जिला का टास्क फोर्स पूरी तरह से सक्रिय है पीरटांड थाना पुलिस ने कल भी बालू लदा ट्रेक्टर जब्त किया है

कल सबसे अधिक सरायकेला से पचीस मरीज मिले जबकि धनबाद में चौदह जमषेदपुर से ग्यारह मरीजों की पुष्टि हुई

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक एक हजार आठ सौ निन्यानबे लोग स्वस्थ चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में पैंतीस लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गयी

वहीं राज्य में कोरोना संकमण से मरने वालों की संख्या पंद्रह हो गयी है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

दुमका शहर में कोराना संक्रमण का यह पहला और जिले का आठवां मामला है आठ में से चार लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कुम्हारपाडा क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है पॉजिटिव पाये गये इस आठवें मरीज के संपर्क में आये लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है श्रावणी मेला सुनवाई देवघर में लगने वाला विष्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर कल झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट ने प्रार्थी राज्य सरकार और बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीष की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने अपना फैसला तीन जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया

वादी का कहना था कि कुछ शर्तौं के साथ श्रावणी मेले का आयोजन किया जाए जबकि सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर होने वाले इस आयोजन में सामुदायिक रूप से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है इधर इस मामले पर बिहार सरकार ने कहा कि यह पूरी तरह से झारखंड सरकार का मामला है मालूम हो कि सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर श्रावणी मेला के आयोजन के लिए हेमंत सरकार से आदेश देने की मांग की है

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बाबाधाम प्रबंधन समिति की अध्यक्ष सह देवघर के उपायुक्त को नोटिस जारी कर श्रावणी मेले के आयोजन की संभावनाओं की जानकारी देने को कहा था गिरफ्तार साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र से अपहृत अरुण शाह की हत्या एवं एएसआई और थाना प्रभारी को घायल करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और तीन मोटरसाइकिल व दो मोबाइल भी बरामद किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि अपहरण और हत्या के इस मामले में नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ है पकड़े गए चारों लोग उसी लिबरेशन आर्मी गिरोह के सदस्य हैं इस गिरोह का तार कोकराझार असम से भी जुड़ा हुआ है गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी

मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड के उत्तरी इलाके यानी देवघर दुमका पलामू गोड्डा साहिबगंज गोड्डा गढ़वा लातेहार कोडरमा चतरा के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश की संभावना है वहीं एक जुलाई से लेकर तीन जुलाई तक वजपात की भी आशंका है

इधर मंगलवार को धनबाद बोकारो समेत झारखंड के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई

ॅजिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे स्वास्थ्य केंद्र ड्मरी में भर्ती कराया

जेबीवीएनएल के एम डी राजीव अरूण एक्का ने इस संबंध में डी वी सी को पत्र लिखा है जेबीवीएनएल ने कहा है कि डीवीसी को बकाया भुगतान षीघ्र किया जाएगा

दैनिक प्रभात खबर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अस्सी करोड़ लोगों को नवंबर तक हर माह मुफ्त अनाज राषन देने की खबर को अपनी पहली खबर बनायी है दैनिक भास्कर में डॉक्टर्स डे पर एक विषष पैकेज प्रमुखता से प्रकाषित किया है रांची एक्सप्रेस ने इल दिवस पर प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा शहीदों को दी गयी श्रद्धांजलि को पहले पन्ने पर जगह दी है